आयोग संज्ञान मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अतिथि शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं भिलने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है आयोग की आज भोपाल में जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी सहित दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तलब की है आयोग ने भोपाल नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुए विवाद मामले में भी जिला पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है हरित पटाखे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हरित पटाखे विकसित किये हैं जो किफायती होने के साथ ही कम प्रदूषण पैदा करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने आज नईदिल्ली में बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की तीन प्रयोगशालाओं ने मिलकर ये पटाखे विकसित किये हैं

इसके अलावा पटाखों की ई लड़ियां भी तैयार की गई हैं

श्री हर्षवर्धन ने बताया कि पटाखों के बनाने के लिये लायसेंस जारी करने वाले पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफटी ऑर्गेनाइजेशन और उच्चतम न्यायालय को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है राहुल रोजगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफ किये जायेंगे और युवाओं के लिये रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे श्री गांधी आज आदिवासी बाहुल्य जिले धार में संकल्प सभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है श्री गांधी ने आगे कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर गांवों में ही फूड प्रोसेसिंग कम्पनियां लगाई जायेंगी उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में उन्हें चार गुना मुआवजा दिया जायेगा राज्यपाल प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लमभाई पटेल को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की श्रीमती पटेल ने आज भोपाल में कहा कि राष्ट्र को समर्पित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्वांजलि है उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा देश के प्रति सरदार पटेल के योगदान और बलिदान की याद दिलाती रहेगी और युवाओं में राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा प्रदान करेगी श्रीमती पटेल ने कहा कि आजादी के बाद पांच सौ पचास से अधिक देशी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोने की क्षमता सिर्फ पटेल में ही थी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि आचार संहिता प्रभावित होने के बाद से अब तक दो हजार से अधिक अवैध हथियार जब्त किये गये हैं जबकि दो लाख साढ़े अड़तीस हजार से अधिक शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं

राहुल राहुल गांधी ने आज इंदौर में पत्रकारों के साथ चर्चा में कहा कि वे वर्ग विशेष के बजाय सभी लोगों के हितों की बात करते हैं उन्होंने कहा कि वे सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से जाते हैं उन्होंने चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय करने की बात कही इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे आरबीआई रिजर्व बैंक ने प्रदेश की पंद्रह नॉन बैंकिंग फायनेंशियल कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिये हैं हाल में ही भोपाल में हुई आरबीआई के नॉन बैंकिंग सूपरविजन विभाग के पेंतीसवीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया रिजर्व बैंक ने आम लोगों को आगाह किया है कि बैंक कभी भी ई मेल एसएमएस और फोन कॉल कर बैंक अकाउण्ट डिटेल्स पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी देने को नहीं कहता है बाल अपराधी मुरैना के बाल सम्प्रेक्षण गृह से आज तड़के दीवार तोड़कर पांच बाल अपराधी फरार हो गये पुलिस सूत्रों के अनुसार गम्भीर आरोप में सम्प्रेक्षण गृह में एक वर्ष से अधिक समय से ये पांचों बाल अपराधी बन्द थे आज तड़के बाथरूम की दीवार की ईंट निकालकर वहां से फरार हो गये

आचार संहिता उल्लंघन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रूस्तम सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में निर्वाचन आयोग ने प्रकरण दर्ज कर लिया है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद श्री सिंह के खिलाफ जांच की कार्यवाही शुरू कर दी गई है श्री सिंह के खिलाफ मुरैना विधानसभा क्षेत्र के वरण्डा गांव में एक चुनावी सभा के दौरान जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप है स्वीप कार्यकम प्रदेशभर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं शिवपुरी में भी स्वीप कार्यकमों के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिये जागरूक किया जा रहा है

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने आज दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर और नीलवाया के जंगलों में नक्सली हमले में मारे गये दो जवानों और दूरदर्शन के कैमरामैन के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है श्री सिंह ने इस हमले को कायराना और शर्मनाक हरकत बताते हुए इस घटना की कड़ी निन्दा की है वहीं केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि इन छुटपुट हमलों से राज्य का शान्तिमिशन और सेना का मनोबल प्रभावित नहीं होगा सीबीआई सजा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने आज एक आवेदक सहित दो लोगों के खिलाफ पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है अधिकृत जानकारी के अनुसार इन लोगों के खिलाफ दो हजार तेरह में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग की बात बताई गई है सीबीआई जांच के दौरान आवेदक ने कथित तौर पर परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की बात स्वीकारी थी राहुल मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पनामा पेपर्स मामले से तुलना करते हुए अपने पुत्र का कथित तौर पर नाम लिये जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री गांधी से माफी मांगने की बात कही है जबकि श्री गांधी ने अपनी सफाई में श्री चौहान के बेटे का नाम सीधे तौर पर लेने से इनकार किया है श्री चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ निराधार आरोप लगा रही है

सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं

रायसेन जिले में आयोजित पिंक सप्ताह में बड़ी संख्या में शासकीय कर्मी और छात्राओं ने भाग लिया हमारे रायसेन संवाददाता ने खबर दी है कि सप्ताह के पहले दिन महिला और बाल विकास विभाग और कलेक्टेट परिसर सहित पूरे जिले में रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गई उमरिया जिले में भी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये जिले भर में कई कार्यकम आयोजित किये गये रंगोली प्रतियोगिताओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं और छात्राओं ने भाग लिया

मंदसौर जिला बैडमिंटन के अध्यक्ष डाक्टर अभय शुक्ला और सचिव कुलदीप सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पांच सौ से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं

वहीं बालक वर्ग में इंदौर के चिराग खान राजेश पिंगले मानस अरोड़ा धार से मोहित पाल उज्जवल गोयल और रीवा से मृगेन्द्र सिंह अगले दौर में प्रवेश कर गये कल से मुख्य दौर के मुकाबले शुरू होंगे